स्वस्थ होने की दर बढ़कर सतासी प्रतिशत से अधिक हुई

केंद्रीय शिक्षामंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संयुक्त रूप से वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये झारखण्ड के पाकुड़ और मणिपुर के सेनापति में दो नये जवाहर विद्यालय का शिलान्यास किया है इन नवोदय विद्यालयों के निर्माण की अनुमानित लागत तिरानबे करोड़ ग्यारह लाख रूपये है इनका निर्माण आगामी दो वर्षो में पूरा कर लिया जायेगा इन जवाहर नवोदय विद्यालयों के निर्माण कार्य को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को ग्णवत्तापुर्ण आध्निक शिक्षा निशुल्क उपलब्ध कराते है देशभर में कुल छह सौ इकसठ जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं जिनमे कक्षा छह से कक्षा बारह तक की शिक्षा प्रदान की जाती है केंद्रीय शिक्षामंत्री ने कहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय से उर्त्तीण करने वाले अटठाईस विद्यार्थियों का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ है

झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सतासी प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है राज्यभर में अबतक अठठासी हजार छब्बीस कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि छिहतर हजार आठ सौ तैंतालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या दस हजार चार सौ छत्तीस है वहीं दूसरी ओर राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना के आठ सौ सोलह नये संक्रमित मिले जबकि एक हजार दो सौ चौरासी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई वहीं दूसरी ओर राज्य भर में कल चार कोरोना संक्रमितों की मौत हो गयी इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की कल संख्या सात सौ सैंतालीस पहंच गयी है इधर जामताड़ा जिला मुख्यालय सहित सभी छह प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में नमूना संग्रह और जांच अभियान लगातार जारी है उपायुक्त फैज अहमद मुमताज और उपविकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा अभियान की निगरानी कर रहे हैं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये आयुष मानक उपचार प्रक्रिया जारी की है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

विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने दलबदल के मामले में तीनों विधायकों को सात अक्तूबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था सभी विधायक इस मुद्दे पर कानूनी सलाह ले रहे है

चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के दौरान श्री मरांडी को भाजपा के वोटर के रूप में मान्यता दी थी वहीं कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को निर्दलीय विधायक के रूप में वोटर लिस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया था चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष को फिर से पत्र भेज कर श्री मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता बनाये जाने की मांग रखी भाजपा की ओर से इस दिशा में विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज ख्रंटी जिले के तोरपा प्रखण्ड के गुफू गांव में सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्घाटन किया इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव पंचायत प्रखंड और जिला अपने कृषि उपज के लिए देश भर में अपनी पहचान बनाये जिस तरह विदेशी फलों का नाम लोग उस देश या क्षेत्र के नाम से जानते हैं वैसा ही कृषि के क्षेत्र में तोरपा और खूंटी की अलग पहचान बने

इस मौके पर उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत रामगढ़ जिले में दो अक्टूबर से पंद्रह अक्टूबर तक चलने वाले राज्यव्यापी जल जीवन मिशन का संचालन किया जा रहा है

श्री सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन पाइप लाइन की मदद से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का अभियान है

फिल्मों के प्रदर्शन के लिए निवारक उपायों पर यह एसओपी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श कर तैयार की गई है एसओपी जारी करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार पंद्रह अक्टूबर से सिनेमा हॉल फिर से खूलेंगे इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह एसओपी तैयार की है मंत्रालय ने शारीरिक दूरी प्रवेश और निकास द्वार सैनिटाइजेशन कर्मचारियों की सुरक्षा न्यूनतम संपर्क सहित इस क्षेत्र में अधिसुचित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए यह सामान्य एसओपी तैयार की है बैठने की व्यवस्था कुल क्षमता की पचास प्रतिशत तक सीमित रहेगी मल्टीप्लेक्स शो की टाइमिंग इस प्रकार विभाजित की जाएगी ताकि उनके शो शुरू होने और समाप्त होने के समय अलग अलग रहें अपनी मेहनत और सरकार की मदद से पाक्ड़ जिले के दुर्गम पहाड़ों पर रहने वाले हजारों आदिम जनजाति पहाड़िया परिवार अपने जीवन स्तर में बदलाव लाने की मुहिम में जुटे हए है जिले के इन पहाड़िया परिवारों के इस मुहिम में उड़ान परियोजना कारगर साबित हुई है

रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा है कि झामुमो अधिकार की राजनीति करती है सात सीटों में चकाई झाझा कटोरिया धमदाहा नाथनगर मनिहारी पीरपेंती शामिल है वर्ष दो हजार पांच के विधानसभा चुनाव में चकाई सीट झामुमो ने जीती थी सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि और कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी हालांकि झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में बारह सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जतायी थी गिरिडीह जिले में पुलिस ने वाहन लूटने वाले एक गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने कोलकाता से दर्गापुर के लिए कार बुक की थी लेकिन ड्राइवर के साथ मारपीट कर गाड़ी सहित कई सामान लूट लिये गाड़ी बेचने के दौरान गश्ती दल ने सभी को गिरफतार कर लिया

उपायक्त रमेश घोलप को ॅमिली गुप्त सुचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने यह छापेमारी की छापेमारी में अवैध रूप से रखे गए एक सौ तिरपन पेटी देसी तेरह पेटी अंग्रेजी शराब और दस पेटी बियर बरामद की गयी है कोडरमा के डोमचांच थानाक्षेत्र में पुलिस ने बेलाटांड जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले में विस्फोटक के अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी पिछले तेईस सितंबर को पकड़े गए पिकअप वैन के चालक की निशानदेही पर विस्फोटक के अवैध कारोबार का खुलासा किया गया